कांग्रेस के लिए प्रियंका वाड्रा रतलाम और इंदौर में मांगेगी वोट

भोपाल और आसपास के इलाकों में दिनभर धूल छाने के बाद कल हुई बूंदाबांदी

देश की सबसे हाईप्रोफाइल सीट भोपाल में मतदान का नया रिकार्ड बना है

इस चरण में भोपाल सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह का मुकाबला भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर से है मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और रामनिवास रावत गुना में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और के पी यादव विदिशा में रमाकांत भार्गव और शैलेन्द्र पटेल ग्वालियर में विवेक शेलवलकर और अशोक सिंह का मुकाबला है

लोकतंत्र के महात्यौहार में उत्साह से लबरेज श्री गोस्वामी के परिजन उन्हें चारपाई पर लिटाकर मतदान कराने लाये थे

दिव्यांगों ने भी लोकतंत्र के महायज्ञ में पूरे उत्साह से भाग लिया दृष्टि बाधित मतदाता बाबूलाल सुक्के ने ब्रेल लिपि की मदद से वोट दिया नरयावली विधानसभा क्षेत्र के में दिव्यांग प्रहलाद ठाकुर ने दिव्यांग मित्र की सहायता से वोट डाला

अधिकतर वृद्वजन व्हील चेयर वॉकर एवं अन्य सहारे की मदद से मतदान केन्द्र पहुँचे वहीं गुना में दूल्हा कन्हैयालाल अहिरवार अपने गृह ग्राम धरनावदा में घोड़ी पर सवार होकर मतदान के लिए पहुंचा

इनमें ऑस्ट्रेलिया बंगलादेश भूटान फिजी जॉर्जिया केन्या दक्षिण कोरिया किर्गिजिस्तान मलेशिया मैक्सिको म्यांमा रोमानिया रूस श्रीलंका संयुक्त अरब अमारात और जिम्बाब्वे के प्रतिनिधि शामिल हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि आयोग देश में स्वतंत्र निष्पक्ष और सुदृढ़ चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य हमेशा पिछले अनुभवों से सीखना रहा है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सुधार किये जा सकें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को सुदृ ढ़ नीतिपूर्ण समावेशी और सुगम्य बनाने के लिए आगे भी प्रयास किये जाते रहेंगे श्री अरोड़ा ने कहा कि राज्यों से मिले अनुभव दस्तावेज संबंधी मुद्दों और सामने आई चुनौतियों के अध्ययन के लिए समितियां गठित की जाएगी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विदेशी प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग की भूमिका तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव संचालन की चुनौतियों से अवगत कराया

विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिये इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस मालवा क्षेत्र के लोकसभा सीटों पर किया है यहां पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की चुनावी सभाये की जा रही हैं इसी कम में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रतलाम में रैली करेंगे वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी आज रतलाम लोकसभा क्षेत्र में जनसभा और इन्दौर में रोड शो करेंगी

उन्होंने कहा कि एक मजबूत सरकार ही आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है श्री मोदी ने कहा कि उनका सपना सशक्त भारत है तथा विपक्षी दलों का गठबंधन विकास विरोधी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव सांसद और मंत्री बनाने के लिए नहीं बल्कि देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की है उन्होंने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेनख करते हुए कहा कि लोगों को इन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचा है मौसम प्रदेश के मौसम में कल बदलाव देखने को मिला कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चली इससे पूरे प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है कल देर शाम भोपाल में बूंदाबादी हुई वहीं सागर में बारिश के साथ ओले गिरे इसके साथ ही होशंगाबाद जबलपुर और रीवा में हल्की बारिश हुई नरसिंहपुर सतना कटनी शहडोल मंडला बैतूल सीधी सिंगरौली श्योपुरकला में गरज चमक के साथ बूंदा बांदी हुई मौसम में आये बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है आईपीएल मुम्बई इंडियन्स चौथी बार आईपीएल चैम्पियन बन गया है कल रात हैदराबाद में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में मुम्बई ने चेन्नेई सुपर किंग्स पर एक रन से जीत दर्ज की तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने मैच के आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर को आउट कर मुम्बई को जीत दिलाई

चेन्नई के लिए दीपक चाहर ने तीन विकेट जबकि शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर ने दो दो विकेट लिए कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल विकेटकीपर बन गये हैं

कांग्रेस के लिए प्रियंका वाड्रा रतलाम और इंदौर में मांगेगी वोट

भोपाल और आसपास के इलाकों में दिनभर धूल छाने के बाद कल हुई बूंदाबांदी